कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर चरणदास महंत को निर्विरोध छत्तीसग विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया

विधानसभा सत्र शपथ छत्तीसगढ़ की पांचवीं विधानसभा का प्रथम शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है सत्र के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर रामपुकार सिंह ने सभी निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई इनमें सबसे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में शपथ ग्रहण किया उनके बाद मंत्री टीएस सिंहदेव ताम्रध्वज साहू रविन्द्र चौर्ष सहित अन्य सदस्यों ने भी स्पीकर के सामने विधानसभा की सदस्यता ग्रहण कर शपथ ली इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कई विधायकों ने छत्तीसगढ़ी में शपथ ली वहीं विधायक अंबिका सिंहदेव ने अंग्रेजी में और चिंतामणी महाराज ने संस्कृत में शपथ ली सदन में विधायक कवासी लखमा को विधानसभा सचिव चंद्रशेखर गंगराड़े ने पढ़कर शपथ दिलाई सदन में शपथ ग्रहण के पहले प्रोटेम स्पीकर रामपुकार सिंह ने कार्यवाही शुरू करते हुए सभापति तालिका की घोषणा भी की इस सभापति तालिका में भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा का नाम है जबकि कांग्रेस की तरफ से इस तालिका में सत्यनारायण शर्मा धनेन्द्र साहू और अमरजीत भगत को शामिल किया गया है

विधानसभा की कार्यवाही अब सोमवार सात जनवरी को शुरू होगी जिसमें राज्यपाल का अभिभाषण होगा वहीं नौ दस और ग्यारह जनवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा होगी सत्र का समापन ग्यारह जनवरी को होगा

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सक्ती क्षेत्र के विधायक डॉक्टर चरणदास महंत को निर्विरोध छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें बधाई दी है डॉक्टर महंत ने सदन को आश्वस्त करते हए कहा कि वे विधानसभा के सभी सदस्यों की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करने का प्रयास करेंगे डॉक्टर महंत का जन्म छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में हुआ डॉक्टर महंत उन्नीस सौ अस्सी में पहली बार विधायक चुने गए इसके बाद उन्नीस सौ पचासी में भी उन्होंने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की वर्ष उन्नीस सौ तिरानवे से अंठानवे में डॉक्टर महंत संयुक्त मध्यप्रदेश में मंत्री भी रहे इसके बाद वर्ष दो हजार नौ में वे कोरबा लोकसभा सीट से चयनित हुए वहीं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक को विपक्ष का नेता चुना गया है श्री कौशिक बिल्हा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं श्री कौशिक विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं केंद्र बैकिंग क्षेत्र केंद्र सरकार ने कहा है कि उसने बैंकिंग क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य प्रतिष्ठानों के लिए धनराशि का आवंटन किया है ताकि उनकी स्थिति में सुधार आ सके आज लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने प्रश्नों का उत्तर देते हुए यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि इस उद्देश्य से केंद्र के बजट में नब्बे हजार करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था और इसे दो हजार सत्रह अट्ठारह के वित्तीय वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न बैंकों को उपलब्ध कराया गया भारतीय खाद्य सुरक्षा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने कहा है कि खाद्य कारोबारियों को पैकेजिंग के नए नियमों का पालन करना होगा इन नियमों में पुनर्चक्रित प्लास्टिक के उपयोग और अखबारी कागज में खाद्य सामग्री को पैक करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ये प्रतिबंध पहली जुलाई से लागू हो जाएंगे कल जारी एक विज्ञप्ति में प्राधिकरण के कार्यकारी अधिकारी पवन अग्रवाल ने बताया है कि पैकेजिंग के नए नियम भारत में खाद्य सुरक्षा के मानकों को उच्च स्तर तक ले जाएंगे नए नियमों में खाद्य सामग्री को पुनर्चक्रित प्लास्टिक से बने पैकेटों में रखना या भंडारण करना प्रतिबंधित होगा स्वच्छता सर्वेक्षण केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शहरी भारत के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण के चौथे भाग स्वच्छ सर्वेक्षण दो हजार उन्नीस की आज नई दिल्ली में शुरूआत की चार हजार से अधिक शहरों में चालीस करोड़ लोग इस सर्वेक्षण के दायरे में होंगे

सर्वेक्षण के अंतर्गत लोगों की भागीदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है शाला प्रबंधन निरस्त राज्य सरकार ने प्रदेश के शासकीय माध्यमिक और उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों के शाला प्रबंधन तथा विकास समितियों में मनोनीत सदस्यों का मनोनयन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं आदेश में कहा गया है कि संस्था प्रमुख ही आगामी आदेश तक विद्यालय के प्रबंधन और विकास संबंधी गतिविधियों का संपादन करेंगे गौरतलब है कि पिछली भाजपा सरकार ने प्रदेश के शासकीय माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शाला प्रबंधन तथा विकास समितियों का गठन किया था जिसमें सदस्यों का मनोनयन किया जाता था इन्हीं मनोनीत सदस्यों का मनोनयन तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है

भिलाई नगर को यह स्थान सार्वजनिक शौचालयों को सुव्यवस्थित रखने के लिए मिला है भिलाई नगर निगम द्वारा शहर के सभी सार्वजनिक शौचालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया गया है जहां बच्चों और विकलांगों की जरूरत के अनुसार सुविधाजनक शौचालय बगाए गए हैं गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा पांच लाख से ज्यादा आबादी की जनसंख्या वाले शहरों का गोपनीय तरीके से निरीक्षण करवाया गया था अधिकारी निलंबन गरियाबंद जिले में विधानसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में प्रशासन ने तेरह अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हुए चार अधिकारियों को निलंबित किया गया है वहीं नौ अधिकारियों की दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी गई है इनमें से पांच अधिकारियों पर ईव्हीएम और वीवीपैट में लापरवाही बरतने तथा आठ अधिकारियों पर मॉकपोल के उपरांत सीआरसी किये बिना मतदान प्रारंभ कराने के कारण की गई है यह कार्रवाई मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू के निर्देश पर की गई है हॉकी राजनादगांव में चल रहे रानी सूर्यमुखी देवी अखिल भारतीय महिला हॉकी प्रतियोगिता में सीआरपीएफ जालंधर और इंडियन रेलवे नई दिल्ली के बीच छह जनवरी को फाइनल मैच खेला जाएगा आज खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले के पहले मैच में सीआरपीएफ जालंधर ने मध्यप्रदेश अकादमी ग्वालियर को चार के मुकाबले तीन गोल से हराया वहीं दूसरे सेमीफाइनल में इंडियन रेलवे नई दिल्ली ने झारखंड को चार के मुकाबले एक गोल से पराजित किया

धर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दुर्ग में आयोजित एक कार्यक्रम में शंकराचार्य की मौजूदगी में यह घोषणा की उन्होंने कहा कि राजिम कुंभ का यह नया नाम छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति तथा कला को और समुद्ध करेगा अवसर इस पर श्री साहू ने यह भी कहा कि प्रदेश में होने वाले राज्योत्सव में अब बॉलीवुड कलाकारों के बजाए छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोक कलाकारों को मौका दिया जाएगा ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज टूर्नामेंट केंद्र सरकार के सिविल सर्विसेज कल्वरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड की ओर से ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन राजधानी रायपुर में अट्ठाईस जनवरी से चार फरवरी तक किया जाएगा इसके लिए खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया रायपुर स्थित सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में की जा रही है स्पर्धा में शामिल होने के लिए इच्छ्क कर्मचारी कल पांच जनवरी तक अपना आवेदन महालेखाकार कार्यालय स्थित केंद्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति के कार्यालय में दे सकते हैं संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि दो हजार रूपए के नोटों के मुद्रण के बारे में हाल में कोई फैसला नहीं लिया गया है आर्थिक कार्य सचिव सुभाष चन्द्र गर्ग ने कहा कि नोटों के मुद्रण की योजना संभावित आवश्यकता के अनुसार बनाई जाती है उन्होंने कहा कि देश में ऐसे नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और पैंतीस प्रतिशत से अधिक बाजार में हैं वाणिज्यिक कर विभाग ने भू खण्डों के पंजीयन के लिए नक्शे की आवश्यकता के अनुरूप ऑनलाइन भूमि पंजीयन में संशोधन का आदेश जारी कर दिया है बलरामपुर रामानुजगंज जिले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से करीब पैंतालीस हजार रूपये के नकली नोट जब्त किए हैं इनमें पांच सौ और दो हजार रूपये के नोट शामिल हैं जांजगीर चांपा के सलखन और पिसौद से खाद्य विभाग ने बिचौलियों से करीब एक सौ अस्सी क्विंटल धान जब्त किया है बीजापुर पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों का कारोबार करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है पुलिस ने इसके पास से जमीन से जुड़े कई फर्जी दस्तावेज जब्त किए हैं